प्रदेश में सर्दी का असर बढा कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

भरतपूर में इस बार निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है

इसके लिये कल अधिसूचना जारी की जायेगी

इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शहीदों को पृष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन पर हमले में शहीद हये जवानों को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हमले को विफल करने में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीकर के शहीद जे पी यादव को उनके पैतुक कस्बे नीमकाथाना में आज याद किया गया तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया

पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ किया जायेगा जो कल सुबह और दोपहर बाद के दो सत्रों में होगा

कोरोना महामारी को देखते हुये इस बार समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा हर बार की तरह ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों तथा व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जन सामान्य और उद्यमियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिये जाने की शुरूआत की गई थी

जयपुर पुलिस की ओर से चलाये जा रहे क्लीन स्वीप अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित ये किसान यहॉ देर रात पहुंचे हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली की ओर बढने की आशंका को देखते हुये बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है

चुरू में कल हुई बरसात के बाद ठंड का प्रभाव बढ गया है वहॉ आज न्यूनतम तापमान में कल के मुकाबले कमी दर्ज की गई है